इधर च्नाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार और तेज हो गया है

राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रचार स्थलों के बारे में नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है नई दिल्ली में वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत का निपटारा कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस प्रावधान से छूट मिली हुई है जिसके तहत मंत्रियों के सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से जोड़ने पर रोक है निर्वोचन आयोग ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को इस सम्बन्ध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों की प्रतियों के साथ चार मई को पत्र भेजा था

इनमें ऑस्ट्रेलिया जॉर्जिया केन्या दक्षिण कोरिया मलेशिया मैक्सिको और रूस जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य हमेशा पिछले अनुभवों से सीखना रहा है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सुधार किये जा सकें विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है

इसमें चीन दक्षिण अफ्रीका ब्राजील सऊदी अरब तुर्की कजाकिस्तान और बंगलादेश शामिल है यह बैठक इन देशों को एक साथ लाने का प्रयास है ताकि वे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके जो डब्ल्यूटीओ को प्रभावित कर रही है हाल के दिनों में सदस्यों द्वारा एक तरफा कदम उठाने और अन्य देशों की जवाबी कार्रवाई जैसे गतिरोध देखने को मिले हैं वर्तमान परिस्थितियों में विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांग उठ रही है थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रकरण को लेकर आज अलवर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया इसमें पार्टी के क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी महंत बालकनाथ सहित कई बडे नेता शामिल हुए भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा इससे पहले इसी मामले को लेकर कल भी भाजपा ने राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया था

इसमें इसरो के चार केन्द्रों में आवासीय ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रशिक्षण दिया जाएगा

हनुमानगढ़ जिले में किसानों को सस्ती दरों पर सब्जियों के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे इसके लिये राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीजों का आवंटन कर दिया गया है कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयंत्र प्रबंधक ने बताया कि सब्जियों की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढाने के लिये ये नवाचार किया गया है जिले के किसानों को भिंडी टिंडा चंवलाफली लौकी और तुरई जैसी सब्जियों के प्रमाणित बीज अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं पंजाब से लगते प्रदेश के जिलों में फसली अवशेष जलाने पर रोक लगा दी गयी है हनुमानगढ़ जिला कलक्टर ने वायु प्रद्षण रोकने और पक्षियों तथा लाभदायक कीट पतंगों को बचाने के लिये निषेधाज्ञा जारी कर गेह तथा रबी की दूसरी फसलों के अवशेषों को जलाने को प्रतिबंधित कर दिया है

सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम विजय क्मार शर्मा ने ये जानकारी देते हए बताया कि मेले में जयप्रवासी बढचढकर भाग ले रहे है प्रदेश के कई इलाको में कल एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया उदयपुर झालावाड़ और बाडमेर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे उदयपूर में तेज बारिश के बाद शहर में कई स्थानों पर पानी भर गया झालावाड जिले के पिडावा भवानी मंडी और बकानी क्षेत्र में हल्की बरसात के साथ चने को आकार के ओले गिरे

पिछले दो दिनों में आई आंधी और बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है